अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इसरो के मिशन से उसे प्रेरणा मिली है और भविष्य में वह इसरो के साथ मिलकर सौर प्रणाली के आगे अन्वेषण के लिए उत्सुक है

इसरो ने कहा कि मिशन प्रबंधन ने ऑर्बिटर के लिए निर्धारित एक वर्ष के बदले लगभग सात वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया है

यह मामला तब सामने आया जब स्थानीय विधायक ताना हाली तारा सहित जिला अधिकारी हवाई अड़डा परियोजना कार्य की प्रगति का समीक्षा लेने के लिए कल परियोजना क्षेत्र का दौरा किया विधायक ताना हाली तारा ने कहा कि विस्थापित परिवारो के पुनर्वास और पुनर्स्थापन का काम अब एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है क्योंकि जब तक वे स्थातातंरित नही करते तब तक काम शुरु नही हो सकता श्री तारा ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को लागू करने के लिए तत्काल ही आवश्यक कोष जारी करेगा ताकि महत्वकांक्षी परियोजना का कार्य जल्द से जल्द शुरु किया जा सके

पंद्रह दिनो तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में तीस राज्य हिस्सा ले रहे है उद्घाटन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रीजिजू मुख्यमंत्री पेमा खांडू विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना और राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग सहित कई गणमान्य अतिथियाँ उपस्थित रहेंगे प्रतियोगिता की सभी तैयारियो की निगरानी कर रहे ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉ किन्नी सिंग ने आश्वासन देते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने विभिन्न राज्यो से आ रहे सभी खिलाड़ियो और उनके सहायको के लिए रहने स्वच्छता और देखभाल के लिए उचित व्यवस्था की है उन्होंने कहा कि सभी प्रतिभागी टीमों की सुरक्षा और आराम के लिए वोलुनटियरस को भी काम पे लगाया गया है डॉ सिंह ने बताया कि टीम के रहने वाले स्थानो में बिना किसी बाधा के बिजली और पेयजल की आपूर्ति के लिए संबंधित विभाग को भी निर्देश दिए गए है प्रतियोगिता के दौरान यातायात सुरक्षा और भाईचारे को सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से निगरानी रखा जाएगा उद्घाटन मैच सभी के लिए निशुल्क रहेगा लेकिन बाकी अन्य मैचो को देखने के लिए दर्शको को प्रवेश शुल्क देना होगा इस बीच अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के सचिव किपा अजय ने बताया कि प्रतिभागी दल को आठ समूहो में विभाजित किया गया है अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और तेलंगाना ग्रूप एच में है उद्घाटन मैच रेलवे और मिजोरम के बीच खेला जाएगा

गत इक्कीस मई को एन पी पी के उम्मीदवार तिरोंग आबोह सहित दस अन्य लोगो का संदिग्ध नागा उग्रवादी द्वारा हत्या किए जाने के बाद से यह सीट खाली पड़ी है

छत्तीसगढ़ के भिलाई में दौरे के दौरान आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय लोगो के लिए स्वास्थ्य कार्ड भी जारी करेगा केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश को कुपोषण से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने जन जागरुकता अभियान की भी शुरुआत की है जनता दल यूनाइटेड विधायक दल के नेता और ईटानगर विधायक तेची कासो ने कल नाहरलगन के पापुनाला में पार्टी राज्य इकाई के कार्यालय का उद्घाटन किया नितीश कुमार के नेतृत्व वाली जे डी यू ने हालही में संपन्न साठ सदस्यीय विधानसभा चुनाव में सात सीटे जीती थी

उन्होंने कहा कि जे डी यू पेमा खांड्र नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का समर्थन कर रहे है और राज्य के त्वरित विकास के लिए आगे भी समर्थन करते रहेंगे

गैर सरकारी संगठन एमान्यूएल पुनर्वास सोसायटी के प्रयासो के तहत ड्रग एंव अन्य मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ितो के पुनर्वास के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ